इस दौरान साठ हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियाजनाओं की करेंगे श्र रूआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोहान्सिबर्ग में अफ्रीका आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और गहरे हैं पिछले चार सालों में हमारे आर्थिक सबंध और विकास सहयोग नई ऊँचाइयों पर पहुंचे हैं बाइट अफ्रीका में स्वतंत्रता विकास और शांति के लिए भारत के ऐतिहासिक प्रयासों के विस्तार को मेरी सरकार ने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है

प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा समय की मांग है श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल तकनीकी में क्रांति से चौतरफा विकास के नये अवसर खुले हैं और विकासशील देशों को इस तकनीकी का समुचित उपयोग करके इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत साझेदार देशों के साथ विकास में भागीदार रहा है उन्होंने कहा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत वह अपने अनुभवों को साझा करना जारी रखेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य व्यापक पैमाने पर संचालित करने का निर्देश दिया है

उन्होंने निर्देश दिया है कि घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सनिश्चित करने के साथ साथ प्रभावितों के लिए तत्काल राहत और पुर्नवास का बंदोबस्त किया जाये उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कल हुई भारी बारिश और मकान गिरने से राज्य के विभिन्न जिलों में सत्ताईस लोगों की मृत्यु हुई है इन घटनाओं में बारह लोगों के घायल होने की सूचना है

नई दिल्ली में आज कुलपतियों और निदेशकों के तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा में सुधार समय की मांग है उन्होंने कहा कि देश के सामने नवाचार और गुणवत्ता परक शोध की कमी सबसे बड़ी चुनौती है श्री जावड़ेकर ने इस बात पर जोर दिया कि सभी केन्द्रीय और निजी विश्वविद्यालयों में गूणवत्ता परख शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक और जीवंत माहौल बनाया जाना चाहिए पी एच डी के शोध में चोरी के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसे इस तरह की चोरी रोकने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज इलाहाबाद में सिद्ध बाबा मौजगिरी मंदिर घाट का उद्घाटन तथा श्री श्री पंच दशनाम् अखाड़ा योग ध्यान केन्द्र का शिलान्यास किया बाद में श्री शाह ने बड़े हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की

श्री शाह के एक दिवसीय इलाहाबाद आगमन पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बमरौली हवाई अड़डे पर उनकी अगूवानी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी

आज पूर्ण चन्द्रग्रहण होगा और यह इस शताब्दी का सबसे लंबी अवधि का ग्रहण होगा

चन्द्रग्रहण अफ्रीका मध्य एशिया दक्षिण अमरीका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा चन्द्रमा की सतह पर छाया पड़ने से यह लाल रंग का नजर आएगा पृथ्वी की जलवायु में प्रकाश के प्रभाव से ऐसा होगा इसीलिए ग्रहण के समय देखे जाने वाले चन्द्रमा को ब्लड मून कहा जा रहा है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज गुरू पूर्णिमा का पव श्रद्वाभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन श्रद्धालु ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए अपने गुरूओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं वाराणसी मथुरा अयोध्या और कुशीनगर सहित अन्य जगहों पर गुरू मठों और आश्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी दूर दराज से आये शिष्यों का अपने गुरूओं का दर्शन कर आर्शीवचन प्राप्त करने का क्रम जारी है मथुरा में वृंदावन गोवर्धन बरसाना गोकुल सहित लगभग साढ़े तीन सौ जगहों पर बड़ी संख्या में शिष्यों ने गुरूओं का पूजन किया तथा उन्हें अंगवस्त्र भेंट किये वाराणसी में अन्नपूर्णा मठ मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम धर्म संघ तथा परमहंस आश्रम में हजारों शिष्य पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने गुरूजनों के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आये अयोध्या के सभी पमुख मंदिरों में देश के कोने कोने से शिष्यों की भीड़ जुटी जिन्होंने गुरूजनों से आशीष प्राप्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर आज गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में नाथ सम्प्रदाय के शिष्यों और श्रद्धालुओं को चंदन लगाकर आशीर्वाद दिया शिष्यों ने श्री योगी को दक्षिणा भी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में शिक्षकों का बहुत ऊंचा स्थान है और शिक्षक हमेशा ही प्रेरणा देते है तथा शिष्यों के व्यक्तित्व को निखारते है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरू पूर्णिमा पर लोगों को हार्दिक बधाई दी है प्रदेश सरकार ने एक सौ छब्बीस करोड़ के जमीन घोटाले के आरोपी एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसीगुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज लखनऊ में बताया कि एक्सप्रेस वे के तत्कालीन सीईओ पीसी गुप्ता के खिलाफ की गई विभागीय जांच में पाये गये सबूत के आधार पर यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है उन्होंने बताया कि अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के बाद गुप्ता ने अपने रिश्तेदारों के नाम से सात गांवों में फर्जा कम्पनियों के नाम से तकरीबन सत्तावन हेक्टेयर भूमि खरीदी थी बाद में इन जमीनों को दो हजार तेरह चौदह में यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी ने ऊँचे दाम देकर अधिग्रहीत किया था

मामला प्रकाश में आने के बाद मेरठ के मंडलायूक्त प्रभात कुमार ने इस प्रकरण की पड़ताल के बाद उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की थी

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अभी तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर सके हैं